संसद ने कृषि से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दे दी है

लोकसभा दोनों विधेयकों को पहले ही पारित कर चुकी है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने विधेयक को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इससे देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा ये दोनों बिल ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं इस बिल के माध्यम से किसान को अपनी फसल किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर मनचाही कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता होगी इन विधेयकों से किसान को मंहगी फसले पैदावार करने का अवसर मिलेगा इससे पहले सदन ने दोनों विधेयका पर चर्चा शुरू की जिनका उद्देश्य किसानों की उपज के खरीदारों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्हें बिना किसी लाइसेंस या स्टॉक सीमा के अपनी उत्पादों को देश में कहीं भी बेचने की सुविधा उपलब्ध कराना है इन विधेयकों से किसानों को अपनी मर्जी से उपज को दूसरे स्थानों पर जाकर बेचने का अधिकार भी मिल जायेगा विधेयकों की व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में उपज बेचने वाल किसानों से कोई बाजार शुल्क उपकर या लेवी वसूल नहीं कर सकेंगी

जीडीपी में भी खेती का योगदान बढ़ा था बाद में बहुत सारे क्षेत्र खुल गए आज खेती का योगदान कम दिखाई देता है लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और कोविड के संकट में भी देखेंगे कि दुनिया के सारे काम प्रभावित हुए लेकिन किसान ने खेती को जीवंत रखा बम्पर पैदावार की

खरीफ की बुआई की और खेती का काम खेती का जीडीपी प्रभावित नहीं हुआ इसके लिए मैं देशभर के किसानों का निश्चित रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं श्री तोमर ने कहा कि अब तक किसान कृषि उपज विपणन समितियों के अलावा किसी अन्यि खरीदार को अपनी उपज नहीं बेच पाते थे कृषि मत्री ने विपक्ष के इस दावे का खण्डन किया कि इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई संबंध है उन्होंने कहा कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य् पहले की तरह तय करती रहेगी कृषि क्षेत्र में सुधार से संबंधित दो विधेयकों को आज राज्यसभा की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को बधाई दी है अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कृषि इतिहास मं आज एक बड़ा दिन है

उन्होंने कहा कि कृषि में सुधार संबंधित विधेयक पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नालॉजी तक आसान होगी इससे न केवल उपज बढ़ेगी बल्कि बेहतर परिणाम भी सामने आयेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संसद में पारित कृषि सुधार के दो महत्वपूर्ण विधेयकों का स्वागत किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विधेयकों से किसानों को कानूनी बंधनों से मुक्ति मिलेगी

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होने से देश की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक से अन्तराज्योय और राज्य के भोतर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा इससे किसानों को अपनी उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग में चौवन हजार एक सौ बीस शिक्षक शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की गई है लॉकडाउन के चलते स्थानान्तरण की प्रक्रिया रोक दी गई थी पारदर्शी ढंग से संचालित की गयी इस स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षिकाओं की सविधा का विशेष ध्यान रखा गया है

इनमें नौ सौ सत्रह शिक्षक शिक्षिकाएं सशस्त्र बलों के जवानों के परिवारों से जुड़े हैं जिन्हें यह सुविधा प्राथमिकता के आधार पर बिना शर्त प्रदान की गई है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता बचाव और जागरूकता बेहद जरूरी है

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर की कोविड संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा इससे बचाव और उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका है

मुख्यमंत्री ने सभी अस्पतालों में दवाई और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आईसीयू में बेड्स की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा उन्होंने कहा कि लखनऊ कानपुर नगर प्रयागराज और गोरखपुर जिले में कोरोना के मद्देनज़र विशेष ध्यान देने की जरूरत है

यह ऐप कोविड वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारी संस्थानों को सहयोग एवं चिकित्सा के लिए लोगों की मदद करने में सहायक होगा प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच हजार आठ सौ नौ नये मामले सामने आये हैं राज्य के अपर मूख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कोरोना के पैंसठ हजार नौ सौ चौवन सक्रिय मामले हैं इसमें से चौंतीस हजार एक सौ उन्नीस लोग होम आइसोलेशन में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं उन्होंने बताया कि राज्य में कोरोना मरीजों की रिकबरी दर उन्यासी प्रतिशत से अधिक है अब तक कुल दो लाख तिरासी हजार से अधिक लोग इलाज के बाद स्वथ्य हो चुके हैं

इस समय भारत में कोरोना महामारी की वजह से मृत्यु दर एक दशलमव छह एक प्रतिशत है जो दुनिया में सबसे कम है

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे के दौरान हुई सड़क दुर्घटना में तेरह लोगों की मौत हो गयी जबकि चौदह लोग घायल हुए हैं अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आज सुबह एक टैम्पो और ट्रक की टक्कर में टैम्पा सवार चार लोगों की मौत हो गई जबकि नौ लोग घायल हो गये घायलों को अयोध्या जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है वहीं सहारनपुर में कल देर रात एक ट्रक और टाटा मैजिक गाड़ी के आमने सामने हुई भिड़ंत में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी इस दुर्घटना में पांच लोग घायल हुये हैं उधर प्रयागराज में तीन और प्रतापगढ़ में दो लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने के समाचार मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क द्र्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शान्ति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मुख्यमंत्री ने सभी घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं प्रदेश के कौशाम्बी जिले के पूरामुफ्ती इलाके के कुरई गंगा घाट पर आज स्नान के लिए गई छह महिलाएं गंगा में डूब गईं गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीन महिलाओं को सकुशल निकाल लिया जबकि तीन अन्य गंगा के तेज बहाव में बह गई गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है